श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारत उनका भव्य स्वागत करेगा

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों ही लोकतंत्र और बहुवाद के लिए प्रतिबद्ध हैं और अनेक क्षेत्रों में व्यापक सहयोग कर रहे हैं वहीं अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वे भारत यात्रा की उत्स्कता से प्रतीक्षा कर रहे हैं श्री ट्रम्प ने अपने कार्यालय ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उनके परम मित्र हैं उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह उनकी प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई थी जिसमें श्री मोदी ने कहा था कि भारत में हवाई अड्डे से लेकर क्रिकेट मैदान तक लाखों लोग उनका स्वागत करेंगे भारत से संभावित व्यापार समझौते के बारे में श्री ट्रम्प ने कहा कि अगर सही दिशा में बात हुई तो वे समझौता करेंगे

अमरीकी राष्ट्रपति के रूप में श्री ट्रम्प की यह पहली भारत यात्रा होगी

वे आज पुणे में राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि इन उपायों से देश की वित्तीय प्रणाली को अधिक विश्वसनीय बनाने के साथ साथ बैंकिंग क्षेत्र में अधिक स्थिरता लाने में सहायता मिलेगी राष्ट्रपति ने वित्तीय समावेशन पर कहा कि सरकार ने अब तक बैंकिंग सुविधाओं से वंचित रहे लोगों तक पहुंच बढ़ाने के लिए कई प्रभावी उपाय किये हैं समारोह में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी रिजर्व बैंक के गर्वनर और राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान के अध्यक्ष शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक के डिप्टी गर्वनर कार्यकारी निदेशक कई बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के प्रमुख और निदेशक उपस्थित थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ककल लखनऊ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गयें सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार बैठक में सोनभद्र जनपद में ओबरा को नई तहसील बनाये जाने का निर्णय लिया गया नवसृजित तहसील का मुख्यालय ग्राम बिल्लीमारकूंडी में होगा बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी और गन्ना विकास निगम लिमिटेड की हरदोई स्थित चीनी मिल की भूमि को उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद को स्थानांतरित करने के शासनादेश को निरस्त करने को मंजूरी प्रदान की गयी उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग व्यवस्थापक एवं व्यवस्थाधिकारी सेवा नियमावली दो हजार बीस के प्रख्यापन का भो निर्णय बैठक में लिया गया

उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा और आकस्मिकता से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा से जुड़े लोगों का प्रशिक्षण जरूरी है जिससे उनकी सेवाएं प्रभावी बन सकें श्री योगी कल सायं लखनऊ लोकभवन में नागरिक सुरक्षा विभाग का प्रस्तुतीकरण देख रहे थे प्रदेश विधान मंडल का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है

सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर सकता है वहीं सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनायेगी विधान परिषद से जारी कार्यक्रम के अनुसार अट्ठारह और उन्नीस फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा होगी बीस फरवरी से सदन में बजट पर चर्चा शुरू होगी

प्रदेश सरकार ने हाल ही में चीन से लौटे राज्य के पांच सौ तिरपन लोगों को कोरोना वायरस के मद्देनजर चिकित्सा निगरानी में रखा है प्रदेश सरकार कोरोना वायरस मामले में राज्य में विशेष सतर्कता बरत रही है हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभी तक राज्य में कोरोना वायरस से प्रभावित कोई व्यक्ति नहीं पाया गया है संकामक रोग के निदेशक देवेश चतुर्वेदी ने बताया है कि चीन से लौटे व्यक्तियों को अट्टठाइस दिनों के लिए गहन निगरानी में रखा गया है अब तक ग्यारह सौ सात लोगों को निगरानी में रखा गया था जिनमें से आधे से ज्यादा लोगों की समयावधि पूरी हो गयी है

डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रोस अदनॉम घेब्रियेसज ने जिनेवा में इसकी घोषणा की कोरोना वायरस शब्द उसके नवीनतम प्रारूप को बताने की बजाय केवल उस समूह का उल्लेख करता है जिसका वह सदस्य है

डॉक्टर घेब्रियेसज ने इस नये वायरस से यथासंभव आक्रामक तरीके से निपटने के लिए विश्व का आह्वान किया केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तीन साधारण बीमा कम्पनियों ओरियन्टल इंश्योरेंश कम्नी लिमिटेड नेशनल इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड में ढाई हज़ार करोड़ रूपये निवेश की मंजूरी प्रदान की है

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि इन तीनों बीमा कंपनियों की गंभीर स्थिति को देखते हुए नियामक सॉलवेंसी जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्काल ढ़ाई हज़ार करोड़ रूपये जारी करने की अनुमति दी गयी है प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में किये गये कार्यो में पारदर्शिता सहभागिता और जवाबदेही सुनिश्चित कराने के लिए निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत सोशल ऑडिट कराने का निर्देश दिया है सोशल ऑडिट संगठत की गवर्निंग बॉडी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि सोशल ऑडिट में अधिक से अधिक जनसहभागिता कराने के लिए क्षेत्र में विभिन्न प्रचार माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये उन्होंने कहा कि सोशल ऑडिट में कमी पाये जाने पर संबंधित विभागों द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जाये जिससे भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो सोशल ऑडिट टीम के सदस्यों द्वारा डोर टू डोर सम्पर्क करके अधिक से अधिक लोगों को उपस्थित रहने का अनुरोध किया जाये प्रदेश में आगामी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर छात्रों की समस्याओं और पश्नों के समाधान के लिए सरकार ने टोल फी नम्बर जारी किये हैं

हमारे संवाददाता ने बताया है कि छात्र सुबह आठ बजे से शाम आठ बजे तक इन नम्बरों पर निःशुल्क सलाह प्राप्त कर सकते हैं ये नम्बर हैं एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य पांच तीन एक शून्य और एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य पांच तीन एक दो इन नम्बरों पर विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगे स्पेशल टास्क फोर्स और हरदोई पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर एक ट्रक से सात कुन्तल से अधिक अफीम डोडा बरामद किया है पकड़े गये डोडे की कीमत लगभग एक करोड़ रूपये बतायी जा रही है हरदोई के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जब्त माल को ट्रक के द्वारा रांची से बरेली भेजा जा रहा था

समाप्त